श्रद्धांजलि देने उमड़े श्रद्वालु

इस विधेयक में दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था की गई है इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता भी तय कर दी गई है त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम आठवीं से लेकर अधिकतम दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की व्यवस्था विधेयक में की गई है आज सदन में विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की शोर शराबे कारण प्रश्नकाल नहीं हो पाया इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कार्यवाहक संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने दो शोक प्रस्ताव पेश किए कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय के बेटे अंकुर के आकस्मिक निधन पर शोक जताया गया पद्मभूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी को श्रद्वांजलि अर्पित की गई इस दौरान दो मिनट का मौन रखा गया विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है

देहरादून में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया

उन्होंने बताया कि कोई भी अल्प सूचित प्रश्न प्राप्त नहीं हुए

स्लग स्मार्ट सिटी मिशन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि देहरादून शहर की बढ़ती आबादी के दबाव को कम करने के लिये नये देहरादून की परिकल्पना को साकार किया जायेगा

देहरादून में स्मार्ट सिटी मिशन स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न फर्मों को विभिन्न कार्यों के कार्यादेश और स्मार्ट कार्ड वितरित किये इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट नागरिकों के बिना स्मार्ट शहर की कल्पना नहीं की जा सकती है देहरादून को स्मार्ट शहर बनाने के लिए प्रबुद्धजनों और नागरिकों को भी सहयोगी बनना होगा उन्होंने कहा कि देहरादून स्मार्ट शहर के रूप में जल्द ही नये कलेवर में दिखाई देगा मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून का नया स्वरूप प्रदान करने के साथ ही यहां के नागरिकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा

बरसात के बाद सौंग बांध का कार्य शुरूहो जायेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अन्य प्रमुख नगरों को भी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना जरूरी है इसके लिए राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करेगी इस मौके पर नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि स्मार्ट सिटी की दिशा में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा रहा है

स्लग राज्यपाल टिहरी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि गांव और किसान अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग है कृषि वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों की आय दोगुनी करने के लिए धरातल पर कार्य करे आज टिहरी जिले में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार के प्रथम दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने शिरकत की इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी प्रदेश के लिए वरदान है इस क्षेत्र में अभी भी बहुत अधिक कार्य करने की जरूरत है उन्होंने पंरपरागत कृषि को बचाने पर भी जोर दिया और छात्रों से हर वर्ष पांच पेड़ लगाकर उनका संरक्षण करने की अपील की

स्लग हादसे प्रदेश के दो सड़क हादसों में चार बच्चों समेत सात लोगों की मृत्यु हो गई

टिहरी में देहरादून सुवाखोली मोटरमार्ग पर मोरियाना टॉप के पास एक कार खाई में गिर गई

इस हादसे में चार अन्य लोग घायल हैं इनमें से दो घायलों को थत्यूड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जबकि दो अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई

यह लोग सहारनपुर से उत्तरकाशी किसी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे उधर पौड़ी जिले में रत्तापानी के पास एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन घायल हो गए घायलों को ऋषिकेश के अस्पताल में भर्ती कराया गया

उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री आवास योजना क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और सुगम्य भारत अभियान योजनाओं की प्रदेश में स्थिति पर चर्चा की

मुख्य सचिव ने सुगम्य भारत अभियान के तहत राज्य सरकार की सभी वेबसाइटों को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाए जाने के काम में हो रही देरी पर नाराजगी जताई साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घरों के निर्माण की धीमी गति पर भी नाराजगी जताई और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

केदारनाथ धाम में महज डेढ़ महीने में ही श्रद्वालुओं की संख्या ने पिछले साल के पूरे यात्राकाल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है इसके पीछे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा और गुफा में किए गए ध्यान को भी माना जा रहा है

श्रद्वालुओं की संख्या बढ़ने से रूद्रप्रयाग जिला प्रशासन खुश है हालांकि प्रशासन के सामने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती भी बढ़ी है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद से ध्यान गुफा की ओर भी श्रद्वालु आकर्षित हुए हैं देश विदेश से लोग उस गुफा में ध्यान के लिए आ रहे हैं प्रशासन अब इसी तरह की अन्य ध्यान गुफाओं के निर्माण की तैयारी में है स्लग भू समाथि निवर्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानन्द को आज हरिद्वार में उनके शिष्यों ने भू समाधि दी स्वामी सत्यमित्रानन्द का कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था उनके निधन से संत समाज में शोक की लहर है उनके निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक है स्वामी सत्यमित्रानन्द को श्रद्वांजलि देने केन्द्रीय मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे उन्होंने कहा कि स्वामी सत्यमित्रानन्द भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और परंपरा के संवाहक के रूप में जाने जाते थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने जहां एक ओर धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया वही भारत को एक मां का दर्जा देकर हरिद्वार में भारत माता मंदिर बनाकर लोगों को देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति का अनोखा मंत्र दिया

कार्यशाला में बताया गया कि सुचना अधिकार के अन्तर्गत मांगी गई सुचना न देने पर संबंधित पटल सहायक को भी जुर्माना भरना होगा

कार्यशाला में बताया गया कि किसी भी कार्यालय की सभी सुचनाएं पटल सहायकों के पास उपलब्ध होती है इसलिए सूचना मांगे जाने पर लोक सूचना अधिकारी पटल सहायकों से सूचना एकत्रित कर आवेदक को उपलब्ध कराता है